राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा नीट स्नातकोत्तर परीक्षा चार महीने तक स्थगित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने व्यापारियों और उद्यमियों से ऑक्सीजन उत्पादन और कंसेंट्रेटर के क्षेत्र में नये प्रयोगों व नवाचारों पर काम करने का किया आह्वान राज्य में कोविड के नये मामलों की संख्या में आई गिरावट रिकवरी दर भी हुई बेहतर कोविड मरीजों की संख्या बढ़ रही है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

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में कोविड महामारी से निपटने के लिए जरूरी मानव संसाधनों की आवश्यकता की कल समीक्षा की बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए इससे कोविड मरीजों के उपचार के लिए जरूरी चिकित्सा कर्मियों की उपलब्यता में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा नीट स्नातकोत्तर परीक्षा कम से कम चार महीने तक स्थगित करने का फैसला किया गया इस निर्णय से कोविड ड्यूटीके लिए प्रशिक्षित डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी

परीक्षा की तिथि घोषित किए जाने के बाद विद्यार्थियों को तैयारी के लिए कम से कम एक महीना दिया जाएगा वरिष्ठ डॉक्टरों और शिक्षकों के पर्यवेक्षण में मेडिकल इंटर्न को कोविड प्रबंधन कार्य के लिए तैनात करने की अनुमति देने का भी निर्णय लिया गया है एमबीबीएस अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की सेवाओं का उपयोग फोन पर परामर्श और संक्रमण के हल्के लक्षणों वाले मरीजों की निगरानी जैसी सेवाओं के लिए किया जाएगा अंतिम वर्ष के स्नातकोत्तर विद्यार्थियों की सेवाओं का उपयोग रेजिडेंट के रूप में पहले की तरह जारी रखा जा सकता है यह निर्णय भी लिया गया कि वरिष्ठ डॉक्टरों और नर्सों के पर्यवेक्षण में बीएससी जनरल नर्सिंग और मिड वाइफरी नर्सों की सेवाएं ली जा सकती हैं कोविड प्रबंधन में सेवाएं उपलब्ध करा रहे व्यक्तियों को कम से कम सौ दिन की कोविड ड्यूटी पूरी करने के बाद आगामी नियमित सरकारी भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी कोविड संबंधी कार्य में लगे मेडिकल विद्यार्थियों और कर्मियों का उपयुक्त टीकाकरण किया जाएगा इस तरह के स्वास्थ्य कर्मियों को सरकारी बीमा योजना की सुविधा दी जाएगी ऐसे सभी प्रोफेशनल को सौ दिन की कोविड ड्यूटी पूरी करने के बाद प्रधानमंत्री का विशिष्ट कोविड राष्ट्रीय सेवा सम्मान दिया जाएगा कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिये योगी सरकार ने प्रदेश व्यापी साप्ताहिक बंदी में दो दिन का विस्तार किया है अब प्रदेश में छह मई सुबह सात बजे तक आंशिक कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा इस अवधि में आवश्यक और अनिवार्य सेवाएं पूर्व की तरह जारी रहेंगी दवा सब्जी की दुकाने औद्योगिक गतिविधियां संचालित रहेंगी लेकिन कही भी अनावश्यक भीड़ न लगाये जाने के भी निर्देश सरकार ने दिये हैं अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया है कि कोविड पर प्रभावी नियंत्रण और आवश्यक रणनीति के लिये मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विशेषज्ञों का सलाहकार पैनल तैयार किये जाने के निर्देश दिये हैं

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का परामर्श रणनीति तैयार करने में उपयोगी होगा उन्होंने बताया कि कोविड संबंधी कार्यो में लगे सभी स्वास्थ्य कर्मियों चिकित्सकों पैरामेडिकल स्टाफ स्वच्छता कर्मी आशा व आंगनबाड़ी कार्यत्रियों को प्रोत्साहन स्वरूप अतिरिक्त मानदेय दिया जायेगा

इसी प्रकार अन्य कोरोना वारियर्स के लिये भी अतिक्ति मानदेय प्रदान किया जायेगा

इसके तहत राज्य के सत्तानबे हजार से अधिक राजस्व गांवों में कोविड की जांच और कोविड मरीजों के सम्पर्क में आये लोगों का पता लगाने के लिये अभियान संचालित किया जायेगा अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि रैपिड रिस्पॉन्स टीम और निगरानी समितियां एन्टीजन किट के साथ घर घर जायेंगी अगर किसी व्यक्ति में कोविड के लक्षण दिखाई देंगे तो उन्हें मेडिकल किट उपलब्ध करायी जायेगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना महामारी के दौरान जीवन के साथ जीविका बचाने पर भी जोर दे रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के व्यापारियों और व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों से वर्चअल संवाद में कहा कि इस संकट काल में व्यापारी अपनी ऊर्जा और सहयोग दे उन्होंने कहा कि वे रात के कप्यू और साप्ताहिक बंदी में अपना सहयोग करे मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि कोई उत्पीड़न करे तो मुख्यमंत्री कार्यालय तक उसकी शिकायत करे अपने सरकारी आवास से वर्चुअल संवाद में मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यापारी वर्ग ने हमेशा समाज व देश का साथ दिया है आज जब प्रदेश और देश कोविड संक्रमण की दूसरी लहर से प्रभावित है तो ऐसे संकट के समय व्यापारी वर्ग अपने सहयोग के माध्यम से कोविड के पिरूद्व चल रही लड़ाई में अपना संक्रिय योगदान दे हम एकबार फिर इस लड़ाई में सफल होंगे और कोरोना को परास्त करेंगे मुख्यमंत्री ने व्यापारियों और उद्यमियों से ऑक्सीजन उत्पादन और आक्सीजन कसन्ट्रेटर के क्षेत्र में नये प्रयोगों व नवाचारों पर काम करने का आह्वान किया उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यो में सरकार हर संभव मदद करेगी केंद्र सरकार ने बडी राहत देते हुए चिकित्सा संबंधी सामान को आयात पर आईजीएसटी से छूट दे दी है इनमें रेमडेसिविर इंजेक्शन एपीआई चिकित्सा ऑक्सीजन ऑक्सीजन कॉन्सेनट्रेटर्स क्रायोजेनिक टैंक और कोविड वैक्सीन जैसी चीजें शामिल हैं यह छूट इन चिकित्सा उपकरणों और सामान के निःशुक्ल वितरण के लिए तीस जून तक जारी रहेगी इस छूट से आई जी एस टी के भुगतान के बिना ही कोविड राहत आपूर्ति का आयात और निशुल्क वितरण किया जा सकता है राज्य सरकारों से कहा गया है कि आयात को इस राहत का लाभ देने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए इसके अलावा कोविड महामारी के कारण केन्द्र सरकार ने जीएसटी कानून के अन्तर्गत करदाताओं को कई रियायतें दी है इनमें ब्याजदर में कमी और विलम्ब शुल्क माफ करना शामिल है वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है

प्रदेश में कल फिर कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या नए मरीजों की संख्या से अधिक रही

इसके साथ ही संक्रिय मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है

इस बीच प्रदेश में कोविड नमूनों की जांच का काम तेज गति से चलाया जा रहा है

इस समय प्रदेश के सात जिलों लखनऊ कानपुर प्रयागराज वाराणसी गोरखपुर मेरठ और बरेली में यह टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है प्रदेश सरकार कोविड टीकों की आपूर्ति होते ही अन्य जिलों में भी टीकाकरण का यह अभियान संचालित करेगी

मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है